मोदी यात्रा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी संयुक्त राष्ट्र महासभा बैठक और कई अन्य कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए कल रात अमरीका रवाना हो गए सात दिन की यात्रा पर रवाना होने से पहले दिये वक्तव्य में श्री मोदी ने बहुपक्षीय एकजुटता को और अधिक प्रभावकारी तथा समावेशी बनाने की भारत की प्रतिबद्धता दोहराई उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रमों में भागीदारी के माध्यम से वे सतत विकास लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में भारत की सफलता सामने रखेंगे प्रधानमंत्री कल ह्यूस्टन में भारतीय समुदाय को सम्बोधित करेंगे भारतीय समुदाय के इस आयोजन हाउडी मोदी में अमरीका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प भी उनके साथ होंगे श्री मोदी ने कहा कि भारतवंशियों के कार्यक्रम में अमरीकी राष्ट्यंति की उपस्थिति भारत की व्यापक पहुंच के प्रमाण में मील का पत्थर साबित होगी

प्रधानमंत्री मोदी इस अवसर पर पचास किलोवाट के गांधी सौर पार्क और गांधी शान्ति उपवन का उदघाटन करेंगे इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के ग्लोबल गोलकीपर्स अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा स्वंच्छ भारत अभियान के माध्यम से स्वच्छता क्षेत्र में क्शल नेतृत्व के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया जा रहा है श्री मोदी संयुक्त राष्ट्र महासभा बैठक से अलग अन्य देशों के नेताओं और संयुक्त राष्ट्र संस्था प्रमुखों से भी मिलेंगे हाउडी मोदी कार्यक्रम अमरीका में भारतीय मूल के लोग ह्यूस्टन में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की यात्रा को लेकर बहत उत्साहित हैं हाउडी मोदी कार्यक्रम की आयोजक संस्था टेक्सास इंडिया फोरम इस आयोजन को सफल बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती हमारे विशेष संवाददाता ने बताया है कि इस आयोजन में शामिल होने के लिए अब तक पचास हजार से अधिक लोग पंजीकरण करा चुके हैं

नई दरें आज से लागू हो गयी है

वाणिज्यिकर विभाग ने कल वेट अधिनियम में संशोधन करने की अधिसूचना जारी की

इसमें पांच प्रतिशत वेट बढ़ाया गया है

भाजपा ने पेट्रोल डीजल पर वेट बढ़ाये जाने की निंदा करते हुए इसे किसानों पर दोहरी मार करार दिया है गडकरी केन्द्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने स्पष्ट किया है कि यातायात कानूनों का उल्लंघन करने पर जुर्माना बढ़ाने का उद्देश्य लोगों की जीवन रक्षा करना है मुम्बई में कल एक संवाददाता सम्मेलन में श्री गडकरी ने कहा कि संशोधित मोटर वाहन अधिनियम में जुर्माने की राशि अधिक राजस्व जुटाने के लिए नहीं बढ़ाई गई है उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर केन्द्र और भाजपा शासित प्रदेशों के बीच किसी मतभेद से इनकार करते हुए परिवहन मंत्री ने कहा कि राज्य नए अधिनियम में तय की गई जुर्माने की न्यूनतम और अधिकतम सीमा के बीच कोई भी राशि जुर्माने के रूप में वसूल सकते हैं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

इस बार अच्छी खबर में आप जानेंगे प्लाटर ऑफ पेरिस पीओपी की मूर्तियों के सुरक्षित और सम्मानजनक विसर्जन के बारे में

अध्ययन दल अगले हफ्ते तक नुकसान की प्रारंभिक रिपोर्ट तैयार कर लेगा राज्य की ओर से सहायता के लिये मेमोरेंडम मिलने के बाद अंतिम रिपोर्ट तैयार होगी मुख्यमंत्री ने अध्ययन दल को बताया कि विन्ध्य क्षेत्र को छोड़कर पूरे प्रदेश में भारी नुकसान हुआ है मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्षा रुकने के बाद स्वास्थ्य सबंधी गतिविधियों को भी तत्काल संचालित करने की जरुरत होगी उन्होंने कहा वे स्वयं भी प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर स्थिति का जायजा लेंगे अध्ययन दल ने मुख्यमंत्री को बताया कि नुकसान के अध्ययन के लिये तीन दल बनाये गये थे तीनों दलों ने मंदसौर आगर मालवा रायसेन राजगढ़ विदिशा जिलों के अति वर्षा से प्रभावित गाँवों का दौरा कर नुकसान का आकलन किया आकलन के अनुसार सोयाबीन और उड़द की फसलों को ज्यादा नुकसान हुआ है कच्चे मकान बह गये हैं रपटे छोटे पुल पुलिया बह गई है और कई गाँव मुख्य सड़कों से कट गए हैं आवागमन बेहद प्रभावित हुआ है कलेक्टर जायजा खंडवा कलेक्टर तन्वी सुन्द्रियाल ने कल किल्लौद और हरसूद क्षेत्र के एक दर्जन से अधिक ग्रामों का दौरा कर वहां अतिवृष्टि के कारण प्रभावित फसलों का जायजा लिया भ्रमण के दौरान कलेक्टर ने नांदियाखेड़ा गरबड़ी कुण्डिया बरमलाय सेमरूड़ सहित एक दर्जन से अधिक ग्रामों का दौरा किया और वहां के किसानों के साथ खेत में जाकर फसलों की स्थिति देखीं श्रीमती सुन्द्रियाल ने किसानों को आश्वस्त किया कि उन्हें फसल बीमा योजना और राजस्व पुस्तक परिपत्र के प्रावधानों के अनुसार फसल क्षति के लिए राहत दिलाई जायेगी उधर छतरपुर में कल आयोजित एक बैठक में संभाग आयुक्त आनंद कुमार शर्मा ने जिले में क्षतिग्रस्त फसलों के निरीक्षण और सर्वे के लिए संयुक्त दल का गठन करने के निर्देश दिये ऋणमाफी योजना सहकारिता मंत्री डॉ गोविंद सिंह ने कहा है कि जय किसान फसल ऋण माफी योजना के द्वितीय चरण में सहकारी समितियों के कर्ज माफी से शेष बचे साढ़े चार लाख किसानों की कर्ज माफी की प्रक्रिया जल्द पूरी कर ली जाएगी

डॉ गोविंद सिंह मंत्रालय में सहकारिता विभाग के कार्यो की समीक्षा कर रहे थे

जिन सहकारी संस्थाओं के संचालक मंडल का कार्यकाल पूर्ण हो गया है उनके निर्वाचन की कार्यवाही भी शीघ्र शुरू की जाएगी मंत्री डॉ सिंह ने बताया कि पूर्व में उनके कार्यकाल में मुरैना सतना आदि सहकारी बैंकों की स्थिति बहत अच्छी थी परंत् अब खराब हो गई है सहकारी संस्थाओं को पुनः सशक्त बनाया जाएगा अब कुछ समाचार संक्षेप में खंडवा कलेक्टर तन्वी सुन्द्रियाल आज अगले महीने लगने वाले संत सिंगाजी मेले की तैयारियों की समीक्षा करेंगी नरसिंहपुर जिले के गाडरवारा में कल छापे की कार्यवाही के दौरान एक कोल्ड स्टोरेज से बड़ी मात्रा में अमानक गुड़ मिला है मिलावट करने के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है शिवपुरी जिले के विभिन्न पर्यटन स्थलों का जीर्णोद्वार किया जायेगा इसके लिए सभी अनुविभागीय अधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं भिंड कलेक्टर ने अटेर क्षेत्र का भ्रमण कर लोगों को बाढ़ का पानी उपयोग में न लाने की समझाईश दी है आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत कल गुना जिले के बासाहेडा कला में शिविर का आयोजन किया गया